राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ बयालीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि छह संक्रमितों की मौत हो गई और उपचार के बाद इक्यावन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई वहीं रांची के रिम्स में तीन जमशेदपुर के टीएमएच में दो और गोड्डा में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कल संख्या चार हजार आठ सौ अठारह हो चुकी है इनमें दो हजार पांच सौ चालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वस्थ होने की दर गिरकर लगभग बावन दशमलव छह तीन प्रतिशत और मृत्यु की दर शून्य दशमलव नौ आठ प्रतिशत पहुंच गई है झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन राज्य सामुदायिक संक्रमण के खतरे से दूर है कोरोना के संक्रमण का रुझान समझने के लिए आईसीएमआर आरएमआरसी मुवनेश्वर के सहयोग से दूसरे चरण में राज्य के दस जिलों में जून महीने में कराए गए सिरो सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक चार हजार सात सौ इकसठ सैंपलों के सिरो सर्वेक्षण में मात्र तीस में कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण दिखे हैं इस तरह कोरोना संक्रमण के प्रसार की दर मात्र शन्य दशमलव छह तीन प्रतिशत है इसके साथ एक हजार की आबादी में मात्र एक व्यक्ति के इससे प्रमावित होने की बात सामने आई है गौरतलब है कि सीरो सर्वे में एलाईजा टेस्ट के जरिए बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की गई जिन्हें संक्रमण तो हुआ लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे ठीक हो गए इसके तहत बोकारो में चार सौ पैंसठ सैंपलों में तीन धनबाद में पांच सौ दो में एक दुमका में पांच सौ एक में एक पूर्वी सिंहभूम में चार सौ पंचानबे में शून्य गढ़वा में चार सौ दस में शुन्य हजारीबाग में पांच सौ बाईस में तीन खूंटी में पांच सौ एक में तीन पलामू में चार सौ इक्कीस में सात पश्चिमी सिंहभूम में पांच सौ में एक और रांची में चार सौ चौवालीस सैंपलों में ग्यारह में सिरो पॉजिटिव मिला है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

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री पुरी ने कल कहा कि इस संबंध में तीन देशों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है

उन्होंने कहा कि एयर फ्रांस भी कल से पहली अगस्त तक पेरिस से दिल्ली मुंबई बेंगलुरू के लिए विमान सेवाएं चलाएगा श्री पुरी ने कहा कि जर्मनी ने भी इसी तरह की विमान सेवाएं संचालित करने के लिए अनुरोध किया है और इस संबंध में लुफ्तांसा के साथ समझौता करीब करीब हो चुका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले इस सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस भी सत्र को संबोधित करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारों निजी क्षेत्रों नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं राज्य में प्रसव के दौरान माताओं की मौत प्रति लाख छिहत्तर से घटकर इकहतर हो गई है स्वास्थ्य विमाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जुलाई में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट में यह सामने आई है

झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य और कला के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे परिषद के अध्यक्ष ड़ॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दोपहर एक बजे के करीब परीक्षा परिणाम जारी करेंगे

इंटरमीडिएट की तीनों संकायों में लगभग दो लाख चौंतीस हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे इसमें विज्ञान के करीब छिहतर हजार पांच सौ कला के एक लाख उनतीस हजार और वाणिज्य के अठाईस हजार पांच सौ के लगभग विद्यार्थी शामिल हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने पाकुड़ जिले में पाकुड़ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा के कनीय अभियंता रवि राकेश को तीस हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया एसीबी दमका के प्रलिस अधीक्षक ने बताया कि कनीय अभियता के खिलाफ इनसान शेख ने लगभग तीन लाख अंठावन हजार रुपए के प्राक्कलन वाले तालाब निर्माण कार्य का एमबी बुक करने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी इस शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एसीबी की टीम ने कनीय अभियंता को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर देते हये बेहतर भोजन दालें और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने को कहा है

उन्होंने कहा कि अनुसंधान और खेती के काम बढ़ाकर पाम आयल का उत्पादन किये जाने की जरूरत है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पूरे राज्य से अठहतर शिक्षकों के आवेदन मिले हैं शिक्षा विभाग ने जिलास्तर पर इन शिक्षकों के चयन के लिए कमिटी का गठन किया है यह कमिटी इक्कीस जुलाई तक जिलों से शिक्षकों के नाम तय कर राज्य सरकार को भेजेगी इसके बाद इक्तीस जुलाई तक राज्यस्तरीय कमिटी पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन कर सूची राष्ट्रीय कमिटी को मेजेगी

धनबाद जिले के सिंदरी स्थित एफसीआई में हिंदुस्तान रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड में स्क्रैप कटिंग का काम कर रही मेसर्स एमटीसी में कार्यरत सत्तर मजदूरो ने प्रदर्शन किया

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य होगी इसके तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में किसी शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा वहीं उच्च और प्लस दू विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को यह दायित्व सौंपा जाएगा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमिटि का गठन किया गया है शिक्षा सचिव ने बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई की तर्ज पर झारखंड अधिविद्व परिषद की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शारीरिक शिक्षा का एक अलग पेपर होगा

राज्य में जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने का केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है इसके तहत पूरी हो चुकी योजनाओं के साथ चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और रख रखाव की जांच करने के बाद केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी

झारखंड से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य झामुमो के शिबू सोरेन और भाजपा के दीपक प्रकाश बाइस जुलाई को सांसद के पद की शपथ लेंगे इधर दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के बुलावे पर आज दिल्ली के लिए रवाना हुए